मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र छोटा शिमला से इस अभियान का शुभारम्भ करेंगे

इस आयु वर्ग के लाखों लोगों को सप्ताह में दो बार सोमवार और वीरवार को टीके लगाए जायेंगे

जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है उन्हें पहले कोरोना के टीके लगाए जायेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री शिमला से होम आइसोलेशन किट का शुभारम्भ भी करेंगे पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पाखरियाल निशंक आज वर्चुअल माध्यम से देश के सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करेंगे

आदेश प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में आज से कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें लागू हो गई हैं प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में हार्डवेयर व भवन निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को तीन घंटे खुली रहेंगी

दिशा निर्देश केन्द्र ने राज्यों से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित पहल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवाएं बढ़ाने सहित रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर जांच और टेली परामर्श का उपयोग करने का आग्रह किया है कोन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की इस दौरान कोविड देखभाल केन्द्रों और विशेष अस्पतालों में सुविधाएं बढाने पर भी विचार विमर्श हुआ राज्यों को अपने अनुभव साझा करने और टेली परामर्श की मौजूदा क्षमता बढाने की सलाह दी गई समिति स्वर्णिम हिमाचल जनजागरण समिति के प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप सिंह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की वर्च्अल बैठक में कुल्लू जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया इस अवसर पर क्लदीप सिंह मेहता ने सभी पदाधिकारियों से स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा ईमानदारी व समाज सेवा की भावना से करने का आह्वान किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश में आज से शुरू हो रहे टीका करण अभियान से जुड़ी खबर को अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है

बुधवार को बाजार खोल देंगे व्यापारी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है आर्थिक मंदी से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा मांगें मानने को दो दिन का अल्टीमेटम

अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिए दिल्ली से भेजे मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री दैनिक सवेरा की खबर है आपका फैसला का शीर्षक है सेवा ही संगठन आपदा में भाजपा के लाखों कार्यकर्ता जुटे

दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में नए संक्रमितों से दोगुना मरीज हुए ठीक

दैनिक जागरण ने लिखा है बुधवार से फिर होगी बारिश